राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दो दिवसीय हिमाचल दौरा कल से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कांगड़ा की बिलिंग घाटी में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आज से शुरू मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता संवेदनशीलता और राजनीतिक कौशल के कारण ही देश एक सूत्र में बंधा है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

संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला मुख्यमंत्री मन की बात इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न्यू शिमला स्थित डीएवी स्कूल में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है जो देश की आम जनता को समर्पित है जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय है और लोग इसे उत्साहपूर्वक सुनकर प्रधानमंत्री के शब्दों से प्रेरणा लेते हैं

इस दौरान विधायक पवन नैयर भी मौजूद रहे हमारे प्रतिनिधि विकास ठाक्र के अनुसार इस कार्यक्रम के बाद चम्बा ज़िला को लाईव जोड़ा गया और विधायक सहित स्थानीय लोगों ने मन की बात कार्यक्रम के संबंध में विचार साझा किए

धर्मशाला के श्याम नगर में आज सामुदायिक भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अवधि में लिए गए निर्णयों से आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली आई है उन्होंने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र का योजनाबद्व तरीके से समग्र और स्थायी विकास उनकी प्रतिबद्धता है सम्मेलन भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के ग्राम केन्द्र प्रमुखों का सम्मेलन आज नाहन में हुआ संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में पार्टी को संगठन स्तर पर मज़बूत बनाने पर चर्चा की गई राजीव सैजल ने ग्राम प्रमुखों से एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आहवान किया

अग्निशमन कल्लू जिले के बंजार में अग्निशमन चौकी का वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकर ने आज लोकार्पण किया एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में हिमाचल को नई दिशा प्रदान की है उन्होंने कहा कि बंजार क्षेत्र को ईको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के अलावा इलाके के लिए पर्याप्त बसों का प्रावधान किया जाएगा गोविंद ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र की सड़कों भवनों और अन्य विकास योजनाओं की वन स्वीकृति प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से हिमाचल के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे है राष्ट्रपति कल कांगडा जिला में टांडा मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में एक सौ दस मेधावियों को उपाधियां प्रदान करेंगे समारोह में राज्यपाल देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी मौजूद रहेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज टांडा में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के समीप शोधी में राज्यस्तरीय कबड़डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दी

इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज पुजारली में एक निजी स्कूल में खेल व सांस्कृतिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है सरवीण चौधरी कांगड़ा जिले में शाहपुर रेहलू चम्बी सड़क के सुधार कार्य की डीपीआर नाबार्ड की स्वीकृति के लिए भेजी गई है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर के राजकीय विद्यालय दुर्गेला के वार्षिक समारोह के दौरान ये जानकारी दी

शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है ऐसे में जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष तथ्यहीन और भ्रामक बयानबाज़ी कर रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अनेक गुटों में बंटी हुई है और पार्टी नेताओं में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है

इनमें भारतीय सेना की महिला प्रतिभागी भी शामिल हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर कहा कि राज्य सरकार बिलिंग क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं सुजित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं ऐसे में इस क्षेत्र को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं विपिन परमार ने स्पष्ट किया कि खेलों के नाम पर धन का दुरूपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

बिक्रम ठाकुर कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र की बाड़ी और जंडोर पंचायतों में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जनसमस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया ताकि लोग इनका लाभ ले सकें

अस्पताल पालमपुर स्थित नागरिक अस्पताल में विभिन्न आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सांसद शांता कुमार ने आज शुभारम्म किया स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी इस दौरान मौजूद रहे अपने संबोधन में शांता कुमार ने लोगों से जीवन में ईमानदारी से कर्तव्य का पालन कर कार्य करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि विकास केवल सरकार ही नहीं बल्कि सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेवारी है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए सरकार प्रतिबद्व है और राज्य के सभी संस्थानों में आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं आभार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मण्डल ने विधायक परमजीत सिंह पम्मी के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की इस दौरान उन्होंने दर्शन सिंह सैनी को राज्य जल प्रबंधन बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया